मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाजपा जातिवाद और क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखती तथा पार्टी का एकमात्र उद्देश्य देश व प्रदेश का सर्वागीण विकास है मुख्यमंत्री आज मनाली में मनाली भाजपा मंडल अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कांग्रेस अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में भाजपा के खिलाफ भ्रांतियां और गलत प्रचार करती थी लेकिन जनता कांग्रेस की इस चाल को समझ गई है आज भाजपा के अधिकतर समर्थक व कार्यकर्त्ता अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं यही नहीं भाजपा में अधिकतर सांसद और विधायक भी अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले हैं मुख्यमंत्री ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर पैंशन के नाम पर प्रदेश के बुजुर्गो से भद्दा मजाक करने का आरोप भी लगाया

डीसी शिमला भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजेश्वर गोयल ने आज शिमला के उपायुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लिया इस मौके पर गोयल ने कहा कि उनकी प्राथमिकता लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष स्वतंत्र और पारदर्शी ढंग से सम्पन्न करवाना है उन्होंने कहा कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श चुनाव आचार संहिता का अक्षरशः पालन सुनिश्चित बनाया जाएगा उन्होंने जिले के सभी अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पूर्ण रूप से अनुपालना करने को भी कहा है डीसी सिरमौर सिरमौर के उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी ललित जैन ने कहा है कि चुनाव आचार संहिता से जुड़ी शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए उपायुक्त कार्यालय में विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है जिला योजना अधिकारी अनुज शर्मा को प्रकोष्ठ का नोडल अधिकारी बनाया गया है उपायुक्त ने यह भी कहा कि जिला में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विभिन्न समितियों का गठन कर दिया गया है लाहौल स्पीति लाहौल घाटी में महीनों बाद भी जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया है इस साल सर्दियों में भारी बर्फबारी के चलते घाटी की अधिकांश सड़कें बंद हैं और संचार सेवाएं भी ठप्प हैं जिससे लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हमारे लाहौल स्पीति प्रतिनिधि कुंदन शर्मा के मुताबिक घाटी के लोगों को इस साल जितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उतना पहले कभी नहीं करना पड़ा घाटी के लोग सरकार से सड़क और संचार सेवाएं शीघ्र बहाल करने की मांग कर रह हैं

इस बीच बीएसएनएल के केलंग स्थित अधिकारियों का कहना है कि घाटी में सड़कें खुलते ही संचार सेवा को फिर से बहाल कर दिया जाएगा कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने राज्य में केंद्रीय चुनाव आयोग के कड़े रूख की सराहनाकी है किमटा ने आज शिमला में एक ब्यान में उम्मीद जताई कि आयोग का ये कड़ा रूख आगे भी जारी रहेगा ताकि प्रदेश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके उन्होंने कहा कि ईवीएम की सुरक्षा में ढील किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जानी चाहिए उन्होंने चौपाल स्ट्रांग रूम मामले को अत्यंत गंभीर करार दिया और कहा कि प्रदेश सरकार ने इस मामले में समय पर कार्रवाई में आनाकानी की किमटा ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके व्यापार मंडल आतंकवाद पर चीन के रवैये के विरोध में सोलन व्यापार मंडल ने आज सोलन में चीनी सामान की होली जलाई ऑल इंडिया फैडरेशन कैट के आहवान पर आज समूचे प्रदेश में व्यापारियों ने चीनी सामान का बहिष्कार किया इस मौके पर सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने कहा कि अब समय आ गया है कि चीन में बने सामान का बहिष्कार किया जाए उन्होंने कहा कि एक ओर भारतीय बाजार से चीन अच्छी कमाई कर रहा है जबकि दूसरी ओर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की तरफदारी कर रहा है व्यापार मंडल ने सभी से चीन में बनी वस्तुओं का प्रयोग न करने की भी अपील की है आग्रह राज्य महिला व बाल विकास निदेशालय ने प्रदेश में कार्यरत सभी मीडियाकर्मियों से आग्रह किया है कि वे बाल पीड़ितों से संबंधित समाचार प्रेषित व प्रकाशित करते समय विभिन्न अधिनियमों द्वारा निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित बनाएं